मख्यमंत्री संवाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को हिमालयी ब्रांड से पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं और ऑर्गनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है यह बात श्री रावत ने आज वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उत्तराखण्ड के सामाजिक उद्यमियों के साथ संवाद के दौरान कही उन्होंने कहा कि प्रकृति ने देवभूमि उत्तराखण्ड को बहत कुछ दिया है और सरकार स्वरोजगार की दिशा में अनेक कार्य कर रही है राज्य में चीड़ की पत्तियों से बिजली एवं चारकोल बनाने के कार्य शुरू किये गये हैं ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए हर न्याय पंचायत में रूरल ग्रोथ सेंटर बनाये जा रहे हैं राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वरोजगार के लिए काफी कारगर साबित होगी उन्होंने बताया कि होम स्टे को राज्य में बढ़ावा दिया जा रहा है

श्री रावत ने इस अवसर पर सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न लोगों से संवाद किया

वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से यिस्तारित तिथि का लाभ उठाने का अनुरोध किया है वार्षिक रिटर्न केवल दो करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक लेनदेन वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है पांच करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक बिक्री के लिये समाधान विवरण जमा कराना होगा

स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने की स्वामित्व योजना का कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शुभारभ करेंगे इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई स्वामित्व योजना का उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है यह योजना चार वर्ष की अवधि में समूचे देश में चरणबद्व रूप से लागू की जायेगी

इस योजना में लगभग एक लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर एस एम एस लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें व्यक्तिगत रूप से संपत्ति कार्ड का वितरण करेगी

संपत्ति कार्ड होने पर ग्रामवासियों को लिए ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने का रास्ता खलेगा देश में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों संपत्ति धारकों के लिए बड़े पैमाने पर संपत्ति कार्ड जारी करने का काम शुरू किया गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री कुछ लामार्थियों से भी बात करेंगे सौभाग्यवती योजना मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को साफ सफाई आदि से सम्बन्धित सामग्री किटों की वितरण योजना सौभाग्यवती का शीघ्र ही श्रभारम्भ किया जाएगा इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिश्रओं को उचित देखभाल के साथ ही उन्हें पृष्टाहार दिये जाने की व्यवस्था की गई है जिसमें दैनिक उपयोग की सामग्री आदि अलग अलग किटों में तैयार कर प्रदान किये जाने का प्रावधान है मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को सौभाग्यवती योजना के तहत बनायी जाने वाली किटों में स्थानीय पहनावों और मौसम के अनुकल वस्त्र तैयार कर दिये जाने की भी व्यवस्था की गयी है

इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस लैब के खुल जाने से सभी आयुर्वेदिक दवाओं की जॉच स्थानीय स्तर पर ही की जा सकेगी और सैम्पल बाहर भेजने पर होने वाले खर्च से भी निजात मिलेगी

जिसको देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल के दिशा निर्देशन में कोरोना से बचाव हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है श्री बंसल ने बताया है कि जागरूकता से ही हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते है और जिसके तहत हमें क्या ऐतिहात रखनी है इसकी जानकारी होनी चाहिए इसी को ध्यान मे रखते हये नैनीताल नगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों प्रमुख पर्यटक स्थलों आवागमन के मुख्य मार्गो सहित अन्य स्थानों पर कोरोना से बचाव हेतु क्या करे क्या ना करें सम्बन्धी संदेश प्रदर्शित किए गये है इसके साथ ही पर्यटन नगरी नैनीताल में प्रवेश वाले मार्गो पर नो मास्क नो एन्ट्री सम्बन्धित संदेश भी होर्डिग्स के माध्यम से स्थापित किये गये है

हेमकंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज सुबह से शुरू हो गई थी

पासवान अंतिम यात्रा लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार आज पटना में गंगा के किनारे जनार्दन घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया उनकी अन्तिम यात्रा पटना स्थित उनके निवास श्रीकृष्परी से शरू हई और जहां हजारों लोग दलितों और उपेक्षितों के नेता को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे इससे पहले आज सुबह दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में रखा गया जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है